और पर्यटन मंत्री ने राज्य में उपलब्ध साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को निवेशकों और व्यवसायियों तक पहुंचाने पर बल दिया

वे आज उधमसिंह नगर के रुद्रपुर में आयोजित एक रैली को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर से रैली स्थल तक नहीं पहुंच पाये और उन्होंने जिम कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन से मोबाइल फोन के द्वारा जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के कल्याण के लिए नई योजनाओं और कार्यक्रमों का ऐलान किया है इनमें किसानों को प्रतिवर्ष छह हजार रुपये की सीधी आय उनके खातों में जमा करने की योजना भी शामिल है इससे पहले प्रधानमंत्री आज सुबह करीब सात बजे देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे पहुंचे जहां खराब मौसम की वजह से लगभग तीन घंटे इंतजार करने के बाद वे जिम कॉर्बेट पार्क के लिए रवाना हुए रुद्रपुर की रैली में न पहुंच पाने के कारण उनकी अनुपस्थिति में सहकारिता विभाग की दो परियोजनाओं का शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया इनमें तीन हजार तीन सौ चालीस करोड़ रुपये की समेकित सहकारी विकास परियोजना और दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना शामिल हैं मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को ब्याज मुक्त कर्ज के चेक प्रदान किये

उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण स्पष्ट तौर पर एक समृद्ध और विकास की ओर गतिमान उत्तराखण्ड की तस्वीर पेश करता है

उन्होंने कहा कि व्यवस्थागत सुधारों के कारण निवेश के लिए बेहतर माहौल बनने से दुनिया भर के उद्योगपतियों ने उत्तराखण्ड का रूख किया है

स्लग सीएम गन्ना किसान मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने सहकारी और सरकारी चीनी मिलों द्वारा पेरे गये गन्ना मूल्य का भूगतान किसानों को कर दिया है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गन्ना किसानों के बकाया भूगतान को लेकर लगाए गए आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री ने यह बात कही

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर कल धरना दिया था स्लग उत्तराखंड हाईकोर्ट उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने हाल में राज्य में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों की घटना के बारे में राज्य सरकार से जवाब मांगा है

एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रमेश चन्द खुल्बे की पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में दस दिन के भीतर जवाब दे याचिका में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है हरिद्वार के जिला आबकारी अधिकारी को निलंबित किये जाने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किये जाने की भी अपील की गई है स्लग नशाबंदी उत्तराखंड प्रदेश नशाबंदी परिषद ने राज्य सरकार से मांग की है कि हरिद्वार जिले में जहरीली शराब पीने से हई मौतों की घटना की निष्पक्ष जांच सीबीआई से करवाई जाए परिषद के अध्यक्ष जगमोहन भारद्वाज ने देहरादून में यह जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक ज्ञापन दिया है इसमें उन्होंने प्रदेश में नशाबंदी लागू करने का भी अनुरोध किया है

स्थानीय उत्पादों का बाजारीकरण और प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से यह मेला आयोजित किया जा रहा है हिलांस मेले को लेकर जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि इससे किसानों के जुड़ने से स्थानीय उत्पादों को विपणन का एक अच्छा प्लेटफार्म मिलेगा

मेले में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे जहां से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी साथ ही मेले में अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड भी बनाये जाएंगे

इसके लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा

समाधान मुख्यमंत्री कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय आदि स्तर पर की जाने वाली शिकायतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा हालांकि न्यायालय में विचाराधीन मामले सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित शासकीय कर्मचारियों की सेवा से संबंधित मामले इसमें दर्ज नहीं किए जाएंगे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होने से ड्प्लीकेसी को भी रोका जा सकेगा इस हेल्पलाईन के तहत बनाए गए सिस्टम से लोगों की शिकायतों पर कार्रवाई करना आसान हो सकेगा कॉल सेंटर द्वारा शिकायत सीधे उस अधिकारी को फॉरवर्ड की जाएगी जहां से उस शिकायत का निस्तारण किया जाना है सीएम हेल्पलाईन के संचालन के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण बनाया गया है

नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और दूरदर्शन समाचार ने किया है आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक इरा जोशी ने कहा कि आकाशवाणी समाचार लोगों को सही सूचना उपलब्ध कराने के लिए अनेक कदम उठा रहा है सम्मेलन में समाचार सेवा प्रभाग की ओर से दो हैंडबुक का भी विमोचन किया गया सम्मेलन में क्षेत्रीय समाचार इकाइयों के अधिकारी और संवाददाता भाग ले रहे हैं

इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि प्रदेश में उपलब्ध साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को निवेशकों और व्यवसायियों तक पहुंचाया जाए उन्होंने कहा कि एडवेंचर और ट्रैवल क्षेत्र के अग्रणी व्यवसायियों को राज्य में आमंत्रित करने का उद्देश्य यहां की स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन सचिव योगेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इस आयोजन के लिए ऋषिकेश का चयन एक प्रशंसनीय निर्णय है क्योंकि यहां एडवेंचर टूरिज्म की सभी संभावनाएं मौजूद है इस अवसर पर राज्य की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली इसके अलावा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने भी शानदार प्रस्तुति दी

मुख्यमंत्री ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिये मिले सम्मान पर खुशी जताई है

अधिकांश जिलों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है गढ़वाल और कुमाऊं के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई

कई क्षेत्रों में बारिश और ढाई हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी हो सकती है